इस रैली में केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो भी शामिल हुए

युवा महोत्सव समापन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि राज्य युवा महोत्सव में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को मानदेय के रूप में पांच सौ रूपए दिए जाएंगे साथ ही अब हर साल युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री आज रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव गाँव राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है और इसमें गाँव के युवा सदस्य बन सकते हैं इसके जरिए युवाओं को खेल सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी इस अवसर पर श्री बघेल ने कौशल विकास संबंधी ऐप का विमोचन भी किया इसकी मदद से कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी मिल सकेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विभिन्न विधाओं के विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया महोत्सव में आठ सौ इक्कीस विधाओं में करीब सात हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया युवा महोत्सव में पहली बार छत्तीसगढ़ के लोक गीत नृत्यों के साथ पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया केन्द्रीय मंत्री सीएए समर्थन भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए देशभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज भिलाई में रैली निकाली गई इस रैली में केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो भी शामिल हुए यह रैली फौजी नगर औद्योगिक क्षेत्र से निकल कर हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी पहुंचकर संपन्न हुई रैली में अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को अपना समर्थन दिया इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हए केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है केन्द्रीय राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है और विपक्षी दल स्वार्थवश लोगों को गुमराह कर रहे हैं

वहीं कल भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रायपुर बिलासपुर रायगढ़ सहित राज्य के विभिन्न स्थानों में मानव श्रृंखला बनाई गई इस दौरान युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली और नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया मंत्रिमंडलीय उपसमिति बैठक राज्य में समर्थन मूल्य पर सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा और जरूरत पड़ने पर खरीदी के लिए चौथा टोकन भी जारी होगा यह निर्णय कल मंत्रालय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुए मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक में लिया गया मंत्री मण्डलीय उप समिति ने प्रदेश के उपार्जन केन्द्रों में समितियों की क्षमता के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा धान खरीदने का निर्णय लिया साथ ही जरूरत के मुताबिक और संग्रहण केन्द्र खोलने तथा कस्टम मिलिंग की गति को और बढ़ाने का फैसला भी लिया गया इस बीच विभिन्न जिलों में धान खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर खरीदी प्रक्रिया की जांच की जा रही है बलरामपुर में जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा ने अधिकारियों को दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान के परिवहन के मामलों में तत्काल कार्रवाई करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित चेकपोस्टों पर सतत् निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं वहीं जिले के वाड्रफनगर स्थित धनवार चेकपोस्ट से दो ट्रकों को अवैध रूप से धान परिवहन करते हुए पकड़ा गया है आईएएस तबादला राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है आदेश के अनुसार बेमेतरा जिले की कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी को गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ किया गया है इसी प्रकार महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त सचिव सौरभ कुमार को नगर निगम रायपुर का आयुक्त बनाया गया है वहीं नगर निगम रायपुर के आयुक्त शिव अंनत तायल को बेमेतरा जिला कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है

यह कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में बीस जनवरी को आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम में देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री परीक्षा में तनावमुक्त रहने के बारे में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे बस्तर मलेरिया अभियान बस्तर संभाग में मलेरिया के प्रभावी रोकथाम के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान कल से शुरू हो रहा है इस अभियान के लिए संभाग के सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं संभाग में एक हजार तीन सौ से अधिक जांच दलों का गठन किया गया है प्रत्येक टीम में चार सदस्य हैं जांच के लिए मोबाइल टीमों का गठन भी किया गया है हाट बाजारों आश्रम छात्रावासों और बटालियन के कैंपों में जांच टीम जाएगी अभियान के दौरान मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए दवा का छिड़काव और लोगों को जागरूक किया जाएगा

उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग में मलेरिया से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं इसीलिए इस अभियान की शुरुआत बस्तर संभाग से की जा रही है राज्य में मलेरिया के कुल प्रकरणों में करीब तिहत्तर प्रतिशत प्रकरण बस्तर संभाग में पाया गया है माओवादी हत्या दंतेवाड़ा जिले के कुंआकोंडा क्षेत्र में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है किरंदल एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि माओवादियों ने दुवालीकरका में एक युवक की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं बीजापुर जिले के चिन्नाकोडेपाल के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से आज एक जवान घायल हो गया यह जवान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की पचासवीं बटालियन का है दुर्घटना राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में आज एक स्कूल बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से छह बच्चे और वाहन चालक घायल हो गए हैं घायलों का इलाज मानपुर के अस्पताल में चल रहा है जानकारी के अनुसार एक निजी स्कूल की बस सीतागांव से स्कूली बच्चों को लेकर मानपुर लौट रही थी इसी दौरान कोहका के पास यह बस सड़क किनारे लगे एक पेड़ से टकराने के बाद पलट गई घटनास्थल के पास एक गढ़ढा बना हुआ था और दुर्घटना के बाद बच्चे बस से बाहर गढ़ढे में जा गिरे मानपुर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहन टीकम ने बताया कि स्कूली बच्चों को मामूली चोटें आई हैं मकर संक्रांति देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर यह त्योहार मनाया जाता है यह त्योहार अच्छी फसल खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है इस मौके पर आज राजधानी रायपुर सहित कई अन्य जगहों पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया तातापानी महोत्सव बलरामपुर में इन दिनों तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है

इस मौके पर राज्य के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं इस महोत्सव का आयोजन हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है बिलासपुर हवाई सेवा बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं

उन्होंने धरनास्थल पर पहुंच कर आंदोलनकारियों से भेंट की श्री साव ने कहा कि वे भी बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं स्वच्छता टीम राजनांदगांव स्वच्छता का फीडबैक लेने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण का एक केन्द्रीय दल कल से राजनांदगांव के दौरे पर है इसमें शामिल अधिकारी शहर में वाटर प्लस और ओडीएफ प्लस का निरीक्षण कर रहे हैं इस दौरान शहर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है

इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है